उन्होंने इस दिशा में अभी और प्रयास करने पर बल देते हुए कहा कि इसमें सभी वर्गो के सहयोग की जरूरत है ताकि युवा वर्ग को नशे से मुक्ति मिल सके राज्यपाल आज राजभवन शिमला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि हिमाचल की तर्ज पर गुजरात में भी प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि देशभर में जहर मुक्त खेती हो सके और लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे

उन्होंने ये भी कहा कि वे बीच बीच में हिमाचल आकर कृषि का जायजा लेते रहेंगे राज्यपाल ने हिमाचल में अपने कार्यकाल के दौरान मिले लोगों मीडिया और सतापक्ष तथा विपक्ष के सहयोग के लिए उनका आभार भी जताया साथ ही ग्जरात जैसे बड़े राज्य के राज्यपाल की जिम्मेवारी सौंपने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद किया

राज्यपाल के सम्मान में प्रदेश सरकार ने कल रात शिमला में राजकीय रात्रि भोज का आयोजन भी किया सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि युवा पीढ़ी द्वारा नशे का सेवन गम्भीर समस्या है उन्होंने युवाओं को नशा छोड़ देश व प्रदेश के रचनात्मक कार्य में अपनी उर्जा का इस्तेमाल करने की अपील की सुरेश भारद्वाज आज शिमला में सैल्यूट तिरंगा संस्था और पतंजलि योगपीठ द्वारा नशा मुक्त हिमाचल की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि समाज को नेशा मुक्त बनाने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है भारद्वाज ने ये भी कहा कि पड़ोसी राज्यों मे प्रचलित नशे के कारोबार से हिमाचल भी प्रभावित हुआ है श्रीखण्ड प्रसिद्ध श्रीखण्ड यात्रा के मार्ग पर पार्वती बाग के पास नैन सरोवर नामक स्थान पर ग्लेशियर के ट्रट कर गिरने से यात्रा मार्ग अवरूद्व हो गया है इसके चलते प्रशासन ने फिलहाल यात्रा को रोक दिया है

उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने और सुरक्षा के अन्य मानक पूरे होने तक यात्रा फिर से शुरू नहीं की जाएगी इस बीच श्रीखण्ड यात्रा के दौरान एक श्रद्वालु की मौत की सूचना है मृतक श्रद्वालु की पहचान महाराष्ट्र के पुणे के निवासी सुभाष के रूप में हुई है मृतक का शव कल शाम तक निरमण्ड पहुंचने की सम्भावना है

उन्होंने ये भी कहा कि सेब उत्पादक क्षेत्रों में सडकों की हालत खराब है और ट्रक मालिक इन सडकों पर जाने से इनकार कर रहे हैं उन्होंने सरकार से खराब सड़कों को तुरन्त ठीक करने की मांग की है

पहाड़ से खिसक कर बड़ी बड़ी चट्टाने सड़क पर आ गिरी हैं बंद सडक को खोलने के लिए सीमा सडक संगठन ने मशीनरी लगा दी है हालांकि अभी तक सडक बहाल नहीं हो पाई है इस बीच किन्नौर में एक बार फिर वर्षा का सिलसिला भी आरम्भ हो गया है

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मण्डी स्थित सेरी मंच पर कारगिल ज्योति को लेकर आए सेना के दल का स्वागत किया जाएगा

इस पर्यावरण यात्रा के दौरान जहां साहित्य संगोष्ठी होगी वहीं पौध और बीजरोपण भी किया जाएगा